प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

लेकिन पास करनी होगी कौशल परीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर में दिमागी बुखार से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया उनके साथ उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल में के बच्चों के वार्ड और आईसीयू में गए जहां दिमागी बुखार से पीड़ित बच्चों का इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बच्चों के बेहतर इलाज के बारे में हरसंभव प्रयास करने के निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के सचिव अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा अन्य विशेषज्ञों के साथ बैठक भी की बैठक के दौरान श्री कुमार ने कहा कि अस्पताल प्रशासन को संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी श्री कुमार ने कहा कि एसकेएमसीएच का विस्तार कर इसे पच्चीस सौ बेड वाला अस्पताल बनाया जायेगा पहले चरण में अस्पताल में एक साल में पन्द्रह सौ बेड की व्यवस्था होगी वर्तमान में यहां छह सौ दस बेड हैं राज्य में फैले दिमागी बुखार से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक सौ चौंतीस हो गई है मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच और केजरीवाल अस्पताल में अब तक एक सौ नौ बच्चों की मौत हुई है जबकि वैशाली जिले में पन्द्रह और पूर्वी चंपारण जिले में दस बच्चों की मौत हुई है आज बेगूसराय के सदर अस्पताल में इंसेफ्लाईटिस के चार संदिग्ध मरीज भर्ती कराये गये हैं

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद यह फैसला किया गया है

उन्होंने कहा कि एसकेएमसीएच में मरीजों के परिजनों के लिए बड़े धर्मशाला का निर्माण भी कराया जायेगा

आज भी दिन में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान इकतालीस डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना रहा मौसम विभाग के पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले दो दिनों तक राज्य के मध्य और दक्षिणी भागों में प्रखंड गर्मी से राहत की संभावना नहीं है वहीं उत्तर बिहार और सीमांचल के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है जमुई जिले में पिछले चौबीस घंटों के दौरान लू लगने से पांच लोगों की मौत हो गयी कल देर रात राज्य के कई इलाकों में बारिश और तेज हवा चलने से गर्मी से मामूली राहत मिली थी मगध विश्वविद्यालय बोध गया ने भीषण गर्मी के मददेनजर बीस जून से होने वाली स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षा के समय में बदलाव किया है विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि पहली पाली की परीक्षा सुबह आठ बजे से ग्यारह बजे तक होगी जबकि दूसरी पाली की परीक्षा शाम चार बजे से सात बजे तक आयोजित की जायेगी भारतीय जनता पार्टी ने सांसद ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष के पद के लिए एनडीए की ओर से उम्मीदवार बनाया है वे राजस्थान के कोटा से दूसरी बार सांसद चुने गए हैं श्री बिरला ने आज लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन पत्र भरा संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह अमितशाह और नीतिन गडकरी ने ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा बीजू जनता दल शिवसेना अकाली दल लोक जनशक्ति पार्टी वाई एस आर कांग्रेस जनता दल यूनाइटेड और एआईए डीएमके ने प्रस्ताव का समर्थन किया

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली उन्नीस सौ नवासी में बदलाव की घोषणा की है मंत्रालय ने विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इस परिवर्तन से आर्थिक रूप से पिछड़े इलाकों के कौशल प्राप्त व्यक्तियों को फायदा होगा मंत्रालय ने कहा है कि इस फैसले से परिवहन क्षेत्र में करीब बाईस लाख ड्राइवरों की कमी को प्ररा करने में मदद मिलेगी मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया है कि ड्राइवरों के प्रशिक्षण और कौशल परीक्षा की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया जायेगा ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर किसी तरह का समझौता न होने पाए मंत्रालय ने कहा है कि ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को कड़ी कौशल परीक्षा अनिवार्य रूप से पास करनी होगी सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी टी वी चैनलों को परामर्श जारी कर डांस कार्यक्रमों में छोटे बच्चों को उपयुक्त रूप से दिखाने को कहा है जारी परामर्श में कहा गया है कि कई डांस कार्यक्रमों में प्रस्तोता छोटे बच्चों से ऐसी मुद्राएं करबाते हैं जो उनके लिए अशोभनीय खतरनाक और अनुचित है ऐसी मुद्राओं से गलत संकेत भी जाते हैं और इनसे बच्चों पर तनाव भी बनता है मंत्रालय ने सभी टी वी चैनलों से कहा है कि केबल टेलीविजन नेटर्वक्स नियमन कानून के तहत कार्यक्रम और विज्ञापन संहिताओं में निर्धारित प्रावधानों का पालन करें

रालोसपा छोड़ हाल ही में जदयू में शामिल हुए विधायक ललन पासवान को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति का सभापति बनाया गया है एस बी सिंह को राजकीय आश्वासन समिति ए के पांडेय को ध्यानाकर्षण समिति और सुबोध कुमार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण समिति की जिम्मेदारी दी गयी है सारण जिले के एकमा थाना क्षेत्र में परसागढ गांव के पास विशेष जांच दल एसआईटी और स्थानीय पुलिस ने आज लगभग पचास घरों पर छापेमारी कर अवैध रूप से संचालित शराब भट्टी का उद्भेदन किया पूलिस अधीक्षक हर किशोर राय ने बताया कि इस संबंध में चार महिला समेत कुल तेरह लोगों को गिरफ्तार किया गया है इधर वैशाली जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर पूलिस ने चार सौ साठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है इधर शेखप्ररा की एक अदालत ने शराबबंदी कानून के के तहत पकड़े गये दो शराबियों को पचास पचास हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनायी है बेगूसराय जिले के तेघड़ा थाना क्षेत्र में मरसेती गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गयी हादसे में मृतक की बेटी गंभीर रूप से घायल हो गयी वहीं जमुई जिले के खैरा थाना क्षेत्र अंतर्गत नरियाना पुल पर सड़क हादसे में एक किशोर की मौत हो गयी

पुलिस अधीक्षक दीपक बर्णवाल ने बताया कि थानाध्यक्ष पर कैमूर जिले के मोहनियां थाना के रहने वाले तीन लोगों को अवैध वसूली में मदद पहुंचाने का आरोप था

प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी

लेकिन पास करनी होगी कौशल परीक्षा